प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि किसानों को उनके उत्पादन का लाभकारी मुल्य दिलाना उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है उत्तरप्रदेश के शाहजहांपुर में आज किसान रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र ने गन्ना किसानों की भलाई के लिये हाल ही में कई निर्णय लिये हैं

चीनी उत्पादन में वृद्धि देखते हुए यह मूल्य दस प्रतिशत रिकवरी पर तय किया गया है उन्होंने कहा कि गन्ने की बकाया राशि जल्द से जल्द दिलाने के लिये सरकार हर संभव कदम उठा रही है श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने चौदह फसलों की सरकारी खरीद मूल्य में दौ सौ रूपये से अठारह सौ रूपये प्रति क्विंटल तक की रिकार्ड बढोत्तरी की है जीएसटी बैठक केन्द्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी से कर व्यवस्था में पारदर्शिता और ईमानदारी बढेगी

उन्होंने कहा कि जीएसटी सहकारी संघवाद का उदाहरण है उन्होंने इसे लागू करने में सहयोग देने के लिये राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रति आभार व्यक्त किया सूत्रों ने कहा है कि कर दरों को तर्कसंगत बनाने के लिये कम राजस्व वाली कुछ वस्तुओं की जीएसटी दरों में कटौती पर विचार किया जा सकता है जिनमें सेनेटरी नैपकिन हस्तकला और हथकरधा की वस्तुएं शामिल हो सकती है

श्री गड़करी गुना में आयोजित विकास पर्व और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को राशि वितरण के साथ कई कार्यो का लोकार्पण और भूमिपूजन भी करेंगे बाल न्याय सेमिनार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा है कि देश में पिछले तीन वर्षों में किशोर न्याय के क्षेत्र में काफी अच्छा काम हुआ है उन्होंने कहा कि बच्चों के लिये हेल्थ डेस्क की शुरूआत हर जिले में होना चाहिए आज इंदौर में चौथे पश्चिम क्षेत्र राष्ट्रीय किशोर न्याय सम्मेलन में जस्टिस गुप्ता ने यह बात कहीं कांन्फ्रेस का आयोजन किशोर न्याय अधिनियम के बेहतर कियान्वयन को लेकर किया गया मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय और यूनीसेफ के सहयोग से आयोजित इस कान्फ्रेस का शुभारंभ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता ने पर्यावरण संरक्षण के संदेश देते हुए दीप प्रज्जवलन के बजाय पौधों को पानी और खाद मिट्टी देकर किया

श्री चौहान आज बड़वानी जिले में जनआर्शीवाद यात्रा के तीसरे चरण में सिलावद में जनसभा को संबोधित कर रहे थे इस दौरान उन्होंने रोड़ शो के साथ लोगों से संवाद भी किया उन्होंने कांग्रेस के पूराने कार्यकाल से भाजपा सरकार की तुलना करते हुए लोगों से आगामी दिनों में वोट करने की अपील की मुद्रायोजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है

योजना प्रदेश में युवाओं के लिये स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में काफी प्रभावी साबित हो रही है इसके अंतर्गत अब तक लाभार्थियों को बाईस हजार पांच सौ करोड़ रूपये के ऋण वितरित किये गये है युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये मुद्रा योजना प्रदेश में पूरी तरह से अपना उद्देश्य पूरा कर रही है ट्रेन निरस्त जबलपुर कटनी रेलखंड पर विद्युतीकरण कार्य होने पर इटारसी सतना पैसेंजर को आंशिक रूप से निरस्त किया गया है

ये गाडी इस अवधि में सिहोरा सतना स्टेशनों के मध्य निरस्त रहेगी यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस अवधि में सतना कटनी स्टेशनों के मध्य स्पेशल गाड़ी चलायी जा रही है प्रतियोगिता सीहोर के बिलकिसगंज में कल चौसठवीं राज्य स्तरीय भारोत्तोलन और ग्रीकोरोमन कुश्ती प्रतियोगिता शुरू हो गयी

वही कल ही दतिया में पांच दिवसीय राज्य स्तरीय स्कूली शतरंज और केरम प्रतियोगिता भी शुरू हो हुई है जल संसाधन मंत्री नरोत्तम मिश्र ने इसका शुभारंभ किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेलों से शहरी और दिमाग के विकास के साथ ही निराशा से उबरने में कामयाबी मिलती है प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग में प्रदेश के सभी संभागों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं

मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के कुछ जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में एक बार फिर अच्छी बारिश के आसार बन रहे है अरब सागर में बन रहे सिस्टम से आने वाले दिनों में अच्छी बारिश हो सकती है उत्तरी मध्यप्रदेश इलाहाबाद से होती हुई बंगाल की खाड़ी तक मानसून द्रफ लाइन गुजर रही है जिससे आज हल्की बारिश की संभावना है कल रात से ही तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है जो तीन दिन तक जारी रहने की आशंका व्यक्त की गयी है

दो दिन की बारिश से वीरपुर बांध में जलस्तर बारह फीट हो गया है रतलाम में भी कल से बारिश का सिलसिला जारी है शिवपुरी में आज तेज बारिश के चलते बिलवा रपटा पर तेज पानी का बहाव होने से कई गांवों का संपर्क टूट गया